प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में आज प्रश्नकाल में सीपीएम के राकेश सिंघा के सवाल पर उन्होंने माना कि इन कर्मचारियों को कम वेतन मिल रहा है उन्होंने कहा कि ईपीएफ नियमों को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा भाजपा के जियालाल के सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि गद्दी समुदाय को उनके भेड़ बकरियों के मारे जाने पर मुआवजा दिलाने की प्रकिया सरल बना कर भेड़ बकरियों की चोरी रोकने व उनकी सुरक्षा में मदद की जाएगी भाजपा के विक्रम जरयाल और कांग्रेस की आशा कुमारी व जगत सिंह नेगी ने भी पूरक प्रश्न पूछे इसी सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सुझाव दिया कि सरकार ये सर्वे करवाए कि वनों में गद्दियों की मूवमैंट से वन विभाग की कितनी पौध प्रजातियों पर असर पड़ता है

जयराम ठाक्र ने पूर्व सरकार पर इन मार्गो की मंजूरी मिलने के बावजुद इनकी डीपीआर बनाने की प्रकिया में अनावश्यक विलम्ब का आरोप लगाया भाजपा के पवन नैय्यर के सवाल पर युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोबिंद ठाकुर ने बताया कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई खेल नीति लाई जाएगी और खेल विश्वविद्यालय या खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पारम्परिक जल स्रोतों के कायाकल्प व जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक सहभागिता प्रभावी जल संरक्षण में मददगार सिद्ध हो सकती है वे कल रात जल संरक्षण पर शिमला में आयोजित एक कार्यशाला में बोल रहे थे जल संकट की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण अभियान शुरू करने का आहवान किया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि जल की हर ब्रंद का पूर्ण उपयोग जरूरी है और इससे न केवल जल संरक्षण होगा बल्कि नदियों व नालों को बहते रहने के लिए इनके पुनर्जीवन में मदद मिलेगी कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने जल संरक्षण के लिए हर क्षेत्र की परिस्थिति के मुताबिक अलग से कार्य नीति की जरूरत बताई वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध मैगसैसे पुरस्कार विजेता राजेन्द्र सिंह ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करने पर बल दिया और कहा कि हिमाचल में भरपूर वर्षा के बावजूद घटता जल स्तर चिंता का विषय है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर व विधायकों सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने हिमाचल के टोल बैरियरों पर छोटे वाहनों पर लगने वाले टोल टैक्स को समाप्त करने संबंधी सरकार के निर्णय का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार को भले ही राजस्व का नुकसान होगा मगर हज़ारों लोगों को राहत मिलेगी सत्ती ने कहा कि खनन नीति के सरलीकरण और अवैध खनन पर जुर्माना दोगुना करने का निर्णय भी प्रदेश हित में है

राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया कि हिमाचल में तीन सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं और इनकी मजबूती के लिए सरकार प्रयासरत्त है अनुराग सांसद अनुराग ठाक्र ने केन्द्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को किसानों की आय दोग्ना करने की दिशा में सार्थक बताया है एक बयान में उन्होंने कहा कि देश में स्थापित सात सौ कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों को नई तकनीक और जानकारी सहज मिल जाएगी अनुराग ठाक्र ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए कृषि उपकरण खरीदने पर अधिक आर्थिक सहायता दी जा रही है कार्यशाला राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज मिस्त्रियों के लिए भूकंप प्रतिरोधी निर्माण के संबंध में पांच दिवसीय कार्यशाला आज सोलन में शुरू हुई उपायुक्त विनोद कुमार ने इसके शुमारंभ अवसर पर मिस्त्रियों से विशेषज्ञो द्वारा बताई जाने वाली निर्माण विधि समझने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि ये कार्यशाला भूंकप की दृष्टि से अति संवेदनशील हिमाचल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और भूंकपरोधी तकनीक से भवन बनाकर नुकसान को कम किया जा सकता है